नई दिल्ली में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी दी श्री प्रसाद ने कहा कि बाल यौन अपराध की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से एक निवारक के रुप में कार्य करने के लिए इस अधिनियम की धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी की निचली कक्षा में भारतीय मानव अंतरिक्ष यान क्षमता प्रदर्शित करने वाले गगनयान कार्यक्रम को कल मंजूरी दे दी है इसके अंतर्गत मिशन की अवधि अधिकतम सात दिन की होगी

इस मॉड्यूल में मिशन की अवधि के दौरान तीन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवश्यक प्रावधान होंगे केंद्री विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत दस हजार करोड़ तक आंकी गई है मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने आज होलोंगी में राष्ट्रीय आपदा मौचन बल एन डी आर एफ के बारहबीं बटालियन मुख्यालय की आधारशिला रखी इस अवसरप र केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री नाबम रिबिया और एनडीआरएफ के महानिदेशक संजय कुमार उपस्थित थे अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने इस दिन को एतिहासिक बताते हुए इस परियोजना के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का आभार व्यक्त किया श्री खांडू ने कहा कि अरुणाचल में एन डी आर एफ के स्थायी रुप से रहने से न सिर्फ राज्य को बल्कि पड़ोसी राज्य असम को भी सेवा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि एन डी आर एफ की मौजूदगी से आपदाओं से निपटने और बहुमूल्य जीवन एवं संपत्तियों को बचाने में मदद मिलेगी श्री खांडू ने कहा कि होलोंगी में ग्रीन फील्ड एयर पोर्ट सहित विभिन्न परियोजनाओं के पूरा होने के बाद इस क्षेत्र में विकास को बल मिलेगा उन्होंने बताया कि अगले वर्ष जनवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे के तहत होलोंगी एयर पोर्ट का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार द्वारा विकसित परियोजनाओं में पर्यावरण एवं सुरक्षा से संबंधित योजना भी शामिल होंगे श्री खांडू ने कहा राज्य सरकार जल्द ही राज्य में भवन निर्माण कानून को भी लागू करेगा अपने संबोधन में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों में आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए एनडीआरएफ की एक और बटालियन की तैनाती के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चर्चा की है

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि सरकार ने लगातार दो वर्षों के लिए राजस्व संग्रह में एक हजार करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है राज्य सरकार द्वारा राजस्व संग्रह के स्रोत में केंद्रीय करो राज्य करो सहित अन्य हिस्सा शामिल है केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले चार सालों में पूर्वोत्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है और पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बन गया है ये बात श्री दिंह ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कही उन्होंने कहा कि पहला क्षेत्रीय आधारित नीति फॉरम पूर्वोत्तर के लिए बनाया गया था जहा क्षेत्र के लिए एक विशेष ब्रुनियादी विकास योजना का शुभारंभ किया गया और बांस को केवल एक पेड़ न समझकर वन्य समुदायों के लिए आजीविका के रुप में अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वन्य अधिनियम लागू किया गया था श्री सिंह ने यह भी कहा कि दो हजार पंद्रह सोलह के वास्तविक आवंटन की तुलना में पिछले कुछ वर्षो में डोनर को बजटीय आवंटन में इक्यावन प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त प्रिंस धवन ने कल पापुम पारे जिले के कारसिंगसा में आयोजित सरकार आपके द्वार शिविर के दौरान बंदरदेवा चेक गेट के लिए इ आईएलपी के ऑफलाइन संस्करण का शुभारंभ किया ई आइएलपी के ऑफलाइन संस्करण में ऑनलाइन इनर लाइन पोर्टल के साथ समन्वित करने का प्रावधान है जिला उपायुक्त ने बताया कि पर्यटको को तुरंत इ आईएलपी जारी करने के लिए बंदरदेवा में एक काउंटर की स्थापना की गई है जो पर्यटको को एक सौ रुपये प्रति व्यक्ति के न्यूनतम शुल्क पर तुरंत इनरलाईन पर्मिट प्रदान करेगा जांच के दौरान पर्यटकों को चेक गेट में अपना मूल आई डी प्रूफ सहित इनरर्लाइन पास दिखाना होगा राज्य सरकार ने राज्य महिला आयोग का गठन कर राधिलू चाई तेची को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है राज्य के मुख्य सचिव सत्य गोपाल ने एक अधिकारिक आदेश में कहा कि राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने गत छब्बीस दिसंबर को इसके लिए महिलाओं का एक पैनल बनाया था हेयोमाय तौसिक आयोग की उपाध्यक्ष नियुक्त की गई है आयोग की अन्य सदस्य है होकसुम ओरी राकनू कोन्या लिखा जोया और तेची हुनमाई